मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक म कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से संवाददाताओं का मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में शिक्षा विभाग के विभिन्न मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए यूपी शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई है इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा न्यायपालिका से तीन और प्रशासन से तीन सदस्य होंगे उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर में शहोद अशफाक उल्लाह खां मेमोरियल वाइल्ड लाइफ पार्क जू की स्थापना को भी मंजूरी दी है एक सौ इक्कीस एकड से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस पार्क की लागत एक सौ इक्यासी करोड़ बयासी लाख रूपये होगी

वर्ष दो हजार पांच में अध्योध्या क राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी विस्फोट मामले में प्रयागराज में एक विशेष अदालत ने चार दोषियों इरफान आसिफ इकबाल शकील और मोहम्मद नसीम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है वहीं अदालत ने एक आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है इस मामले की सुनवाई प्रयागराज के नैनी सेन्ट्रल जेल में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी दिनेश चन्द्र ने की और फैसला सुनाया दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है इस मामले के पांच आरोपी पिछले काफी समय स नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद हैं

सुरक्षाबलों की सतर्कता के चलते यह आतंकवादी अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सके और पांचों को वही मार गिराया गया इस हमले में तो नागरिकों की भी मौत हुई थी वही आधा दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मी घायल हो गए थे सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में इन पांचों को आतंकवादियों को हथियार और वाहन उपलब्ध कराने तथा षड्यंत्र रचने में सहयोग करने के लिए जुर्म में गिरफ्तार किया था

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में अदालत के फैसले का स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के एक अभियुक्त को अदालत द्वारा बरी किया गया है प्रदेश सरकार इस संदर्भ में विधिक परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगी

उन्होंने स्वयं पर भरोसा व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी प्रमुख अमित शाह को धन्यवाद दिया जे पी नड्डा को कल नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जे पी नड्डा का आज संसद के बाहर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी और अन्य पार्टी सांसदों ने स्वागत किया उनके सम्मान में आज भाजपा मुख्यालय में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां गृहमत्री अमित शाह और पार्टी क अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं वे राजस्थान के कोटा स दो बार सांसद चुने गये

बीजू जनता दल शिवसेना अकाली दल लोक जनशक्ति पार्टी वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और एआईए डीएमके ने प्रस्ताव का समर्थन किया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

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी करके सभी निजी टी वी चैनलों से डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को उपयुक्त रूप से दिखाने को कहा है मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि देखने में आया है कि कइ डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चे ऐसी मुद्राएं करते हैं जो उनकी आयु को देखत हुए उचित नहीं होतीं फिल्मों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों में वयस्क कलाकार ऐसा करते हैं ऐसी मुद्राओं से गलत संकेत भी जाते हैं और इनसे बच्चों पर तनाव भी बनता है मंत्रालय के अनुसार सभी टी वी चैनलों से उम्मीद की जाती है कि वे केबल टेलीविजन नेटवक्स नियमन कानून के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निर्धारित प्रावधानों का पालन करें इन नियमों क अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम टी वी पर नहीं दिखाया जा सकता जिसमें बच्चों को अशोभनीय ढंग से पेश किया जाये

इस अभियान के तहत लोगों को सड़क सरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट बांधने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

लखनऊ में नो हेलमेट नो एन्ट्री अभियान के तहत शहर के प्रत्येक चौराहों पर पुलिस द्वारा चैकिंग की जा रही है और हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों का चालान काटा जा रहा है शहर के प्रमुख स्थानों और पेट्रोल पम्पों पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए संदेश लिखे गये हैं प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर इस अभियान में जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया है वहीं कौशाम्बी ज़िले में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एआरटीओ शंकर सिंह ने मंझनपुर चौराहे पर चैकिंग अभियान चलाकर गलत तरीके से वाहन चलाने वालों का चालान काटा और लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी

श्री योगी ने पंचवटी नक्षत्र वाटिका और नवगृह वाटिका की भी स्थापना किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि वृक्षारोण अभियान पर्यावरण और जलसंरक्षण के लिए आवश्यक है इस अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा का आज उनके गृह जनपद मेरठ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा स्थानीय सांसद और अन्य नेतागण के साथ आम जनता ने नम ऑखों से शहीद को अंतिम विदाई दी इससे पहले नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्वांजलि अर्पित की